प्रधानमंत्रो नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया है कि पुलवामा में सुरक्षाबलों के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा और षड्यंत्रकारियों को उनकी इस कायरतापूर्ण हरकत के लिये अवश्य सजा मिलेगी श्री मोदी पुलवामा में आतंकी हमले के बाद आज झांसी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश इस समय गहरे दुःख और आक्रोश से गुजर रहा है उन्होंने कहा कि एक सौ तीस करोड़ देशवासी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे

साथियों आज विश्व के बड़े बड़े भारत के साथ खड़े हैं भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो भी उतने ही दूःखी है उतने ही गुस्से में हैं पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सरपरस्तों को खत्म करने के पक्ष में हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी घटना में शहीद जवानों की मौत का बदला लेने के लिये सुरक्षा बलों को सभी फसले लेने की अनुमति दे दी गई है श्री मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि वह यह न भूले कि भारत नई नीतियों और रणनीतियों के साथ अपनी अलग पहचान रखने वाला देश बन चूका है श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी देश को यह सपना देखना छोड़ देना चाहिये कि वह इस तरह की विध्वंसक कार्रवाईयों से भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्वयं आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है वह विश्व में इतना अलग थलग हो चुका है कि बड़े बड़े देश उससे किनारा कर रहे हैं

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीस हजार करोड़ रूपये से ज्यादा लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट पुलवामा हमले के दर्द ने आज झांसी के भोजला मंडी में हुई रैली में आये लोगों की खुशी को फीका कर दिया जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा प्रधानमंत्री ने जब जवानों की मौत का बदला लेने की बात कही तो बुंदेलखंड के दूर दराज के इलाकों से रैली में आये दो लाख से अधिक लोगों ने पूरे जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर उनका समर्थन किया आज जिन विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उससे बुंदेलखंड में औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी और क्षेत्र में बेरोजगारी कम होगी लगभग नौ हजार करोड़ की लागत वाली पाइप पेयजल परियोजना से बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों को काफी फायदा होगा ये योजना झांसी चित्रकूट जालौन हमीरपुर ललितपुर महोबा और बांदा जिलों में लागू होगी

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर कल हुये आत्मघाती हमले के बाद भारत न पाकिस्तान का स सबसे अधिक वरीयता वाले व्यापारिक साझेदार देश मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है आज सुबह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला किया गया केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद यह जानकारी दी

प्रधानमंत्री ने सीसीएस को अवगत कराया है कि पाकिस्तान को भारत की ओर से वर्षो पहले दिए गए सबसे अनुकूल देश का दर्जा वापस ले लिया गया है

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह के श्रीनगर से लौटने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जायेगी प्रदेश सरकार ने पुलवामा इलाके में आतंकी घटना में शहीद जवानों के परिजनों को पच्चीस पच्चीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घाषणा की है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आतंकी घटना में सबसे ज्यादा प्रदेश के ग्यारह जनपदों के बारह जवान शहीद हुए हैं आज राज्य विधानसभा की कार्यवाही जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में कल हुई आतंकी घटना में शहीद जवानों के शोक में पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी गई

उधर विधान परिषद में भी शहीद जवानों को श्रद्वाजंलि अर्पित करने के बाद सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिये जाने को लेकर थोड़ी गर्मागर्मी हुई और इस मामले में सभापति रमेश यादव की व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर चली लेकिन बाद में सदन को कल तक के लिये स्थगित कर दिया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पहली सेमी हाई स्पीड श्रेणी की तेज रफ़्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया

यह एक्सप्रेस ट्रेन एक सौ साठ किलोमीटर की रफ़्तार से चलेगी और नई दिल्ली से वाराणसी की दूरी सिर्फ़ आठ घंटे में तय कर लेगी यह रेलगाड़ी सोमवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर बाको सभी दिन चलेगी गति सुरक्षा और सुविधा इस नई ट्रेन की खास पहचान है

सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाज मनोरंजन के लिए वाई फाई सेवा के अलावा आरामदेह सीटें लगाई गई हैं सभी डिब्बों में पैन्ट्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेक इन इंडिया परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ी के अधिकांश हिस्सों का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है

पेंशन हासिल कर रहे कामगार की मृत्यु के बाद पेंशन की आधी धनराशि उनके पति या पत्नी को दी जाएगी यह योजना स्वैच्छिक और अंशदान पेंशन योजना है जिसमें फिफ्टी फिफ्टी के आधार पर निर्धारित आयु वग के लाभार्थी को अंशदान करना होगा

राज्य में बिजली गिरने और वर्षा जनित घटनाओं से इक्कीस लोगों की मौत हो गयी है ओलावृष्टि से जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आयी है वहीं विभिन्न इलाकों में आम जन जीवन प्रभावित हुआ है इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओले गिरने से विभिन्न फसलों को क्षति भी पहुंची है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट सर्दियों की यह बरसात कृषि फसलों विशेष रूप से गेहूं गन्ना और चना की फसलों के लिए उपयोगी बताई जा रही है कृषि जानकारों के अनुसार कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से आलू और सरसों सहित अन्य फसलों को नुकसान भी हुआ है हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की मौत हुई है और चार लोग घायल हुए हैं आगरा बलन्दशहर बरेली और सीतापुर में दो दो लोगों की मौत की ख़बर है वहीं बाराबंकी हापुड़ फिरोजाबाद संभल बिजनौर और मेरठ में आकाशीय बिजली गिरने से एक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शोक संतप्त परिवारों को चौबीस घंटे को भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है